एक सौ नौ लोगों की हो चुकी है मौत

राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण राजधानी पटना सहित दस जिलों में आज से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है चार जिलों बक्सर नवादा सुपौल और किशनगंज में तीन दिन तक लॉकडाउन रहेगा खगड़यिा में पांच दिन के लिए इस महीने की चौदह तारीख तक पूर्णबंदी लागू रहेगी पटना मुंगेर मधेपुरा कैमूर और पूर्णिया जिलों में इस महीने की सोलह तारीख तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा राज्य सरकार ने बेगूसराय नालंदा और वैशाली जिलों में भी पूर्णबंदी के आदेश दिये गये हैं जो कल से लागू होंगे कोविड महामारी को नियंत्रित करने के क्रम में लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे राशन दूध सब्जी और मांसाहार की दुकानें सवेरे छह से दस बजे तक और शाम चार बजे से सात बजे तक खुली रहेंगी सभी पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेंगी ऑनलाइन खरीददारी की जा सकती है सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी लॉकडाउन के दौरान जारी रहेंगी लेकिन निजी वाहन आवश्यक कार्यो के लिए ही प्रयोग किये जा सकेंगे ट्रेन और विमान सेवाएं जारी रहेंगी सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है सभी रेल यात्रियों के लिए चौदह दिन के अनिवार्य प्रथकवास के आदेश दिये गये हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के सात सौ चार नये मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर तेरह हजार नौ सौ अठहत्तर हो गयी है सबसे अधिक एक सौ बत्तीस मामले पटना में दर्ज किये गये हैं वहीं वैशाली से तिहत्तर भागलपुर से तिरसठ बेगूसराय से चौवालीस और नालंदा जिले से बयालीस नये मामले सामने आये हैं इधर मुजफ्फरपुर से उनतालीस खगड़िया से सैंतीस और मुंगेर जिले से उनतीस मामलों की पुष्टि हुई है पश्चिम चंपारण जिले से तेईस बांका से बीस सीवान से अठारह समस्तीपुर और रोहतास से उन्नीस उन्नीस गोपालगंज से सत्रह सारण से पंद्रह पूर्वी चंपारण जिले से ग्यारह और गया से दस नये मामलों की पुष्टि हुई है मधुबनी लखीसराय अररिया और किशनगंज जिले से आठ आठ औरंगाबाद नवादा और सुपौल से सात सात अरवल जिले से पांच लोगों में कोविड उन्नीस महामारी की पुष्टि हुई है वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर एक सौ नौ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक नौ हजार सात सौ बानवे लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है अब तक सत्तर प्रतिशत लोग ठीक हो चुके हैं पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना संकट को देखते हुए इकतीस जुलाई तक वर्चुअल कोर्ट को चलाने का निर्देश दिया है वहीं सचिवालय स्थित वित्त विभाग के कोषांग में तीन कर्मियों में कोरोना का संक्रमण पाये जाने के बाद कार्यालय को तत्काल बंद कर दिया गया है इधर मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड अंचल कार्यालय में तीन सरकारी कर्मी और एक प्रतिनियुक्त शिक्षक के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद कार्यालय को सील कर दिया गया है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना से रांची और दानापुर से टाटा नगर के बीच विशेष रेलगाड़ियों के परिचालन में बदलाव किया गया है पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार के अनुरोध पर तेरह जुलाई से पटना रांची जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन पटना से गया तक ही चलेगी जबकि दानापुर टाटा विशेष ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश कोविड उन्नीस महामारी से प्रभावकारी तरीके से निपट रहा है और अन्य देशों की तुलना में आबादी के अनुपात को देखते हुए हमारे यहां मरीजों की संख्या सबसे कम है मंत्रालय के अनुसार देश में अभी तक सामुदायिक संक्रमण की नौबत नहीं आई है नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति दस लाख आबादी पर मरीजों की संख्या पांच सौ अड़तीस है मंत्रालय के अनुसार कुल आबादी में साठ से चौहत्तर वर्ष के आयु समूह की हिस्सेदारी आठ प्रतिशत है और इस समूह में उनतालीस प्रतिशत मृत्यु हुई हैं प्रवक्ता ने कहा कि देश में पैंतालीस और पचहत्तर वर्ष से ऊपर आयु समूह की हिस्सेदारी छब्बीस प्रतिशत है और इसी आयु समूह में सर्वाधिक मृत्यु हुई हैं

ये आयु वर्ग है इस पर विरोष ध्यान देने की आवश्यकता है भारत सरकार को मी राज्य सरकारों को मी और यूटी एडमिस्ट्रेशन्स को मी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वाले व्यक्ति की संख्या निरन्तर बढ़ रही है और स्वस्थ हुए व्यक्तियों की संख्या मरीजों की वर्तमान संख्या से एक दशमलव सात पांच गुना अधिक है देश में अभी तक कुल चार लाख छिहत्तर हजार तीन सौ अठहत्तर व्यक्ति कोरोना वायरस से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और इस महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़ कर बासठ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत हो गई स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोहराया है कि भारत में कोरोना वायरस का सामुदायिक फैलाव नहीं हुआ है मंत्रालय के अनूसार क्छ भौगोलिक क्षेत्रों में महामारी का स्थानीय प्रकोप हुआ है और अकेले उनचास जिलों में अस्सी प्रतिशत मरीज हैं कोविड उन्नीस के वायु में संक्रमण की खबरों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस पहलू से संबंधित जानकारी का अध्ययन कर रही है इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि परीक्षणों की गति बढ़ाई गई है और कुल एक हजार एक सौ बत्तीस प्रयोगशालाओं को कोविड उन्नीस जांच की अनुमति दी गई है आईसीएमआर के अनुसार अभी तक एक करोड़ सात लाख चालीस हजार आठ सौ बत्तीस नमूनों की जांच की जा चुकी है गृह मंत्रालय ने कहा है कि आईसीएमआर भविष्य में अखिल भारतीय स्तर पर सेरो सर्वेक्षण कराने की भी योजना बना रहा है नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचन्द बजाज ने सुरक्षित दूरी के महत्व पर बल दिया

कोशिश करें कम से कम वाहर निकलना है और जब निकलना भी पड़े घर से बाहर तो कोशिश करे तो जहां आप दो लोग खड़े है करीब दो मीटर दूर खड़े रहे नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहे दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड उन्नीस के बहुत कम रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता होती है

पांच परसेंट या उससे कम वाले है जो कि दाखिल होना पड़ता है कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले चार हजार से अधिक लोगों से अठारह हजार रूपये जुर्माने की वसूली गयी है एडीजी मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि लोगों को मास्क पहनने के वास्ते जागरूक करने के लिए माईक और रेडियो से प्रचार प्रसार के निर्देश दिये गये हैं प्रदेश में मॉनसून एकबार फिर काफी सक्रिय हो गया है जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले अड़तालीस घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है पटना मौसम विज्ञान केन्द्र ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश और वजपात की आशंका व्यक्त की है केन्द्र के अनुसार पटना से लेकर अमृतसर तक मॉनसून की टर्फ लाईन बनी हुई है जिसके कारण बारिश हो रही है कल सबसे अधिक एक सौ तीस मिलीमीटर बारिश मोतिहारी में दर्ज की गयी है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में वज्रपात से सात लोगों की मौत हो गयी है मृतकों में भोजपुर और मुंगेर के दो दो सुपौल कैमूर और बांका के एक एक व्यक्ति शामिल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने वजपात की आशंका के मद्देनजर लोगों से बारिश के दौरान खुले में नहीं जाने की अपील की है इसके अलावा पानी वाली जगहों पर टेलिफोन या बिजली के खंभों और पेड़ के नीचे बारिश के दौरान खड़े होने से भी मना किया गया है इस दौरान मोबाईल फोन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए विभाग ने अपने परामर्श में कहा है कि बारिश के दौरान लोगों को पक्के घरों में छिपने का प्रयास करना चाहिए लोगों से वज्रपात की पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान बताने वाले मोबाइल ऐप इन्द्रवज डाउनलोड करने की भी अपील की गयी है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में बढोतरी का सिलसिला जारी है सीतामढ़ी के ढेंग और कटौंझा में बागमती नदी लाल निशान से ऊपर बह रही है जबकि कमला बलान का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया है कि विभाग ने अभियंताओं को सतर्क कर दिया है और आम लोगों से सावधान रहने की अपील की है आई सी एस ई और आई एस सी के दसवीं और बारहवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज दोपहर तीन बजे घोषित किये जायेंगे ये परिणाम कॉउसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इग्जामनिशन की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे

परीक्षा परिणाम एसएमएस के जरिये भी जाने जा सकते हैं जिसके लिए वेबसाइट पर विवरण दर्ज करना होगा एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि संबद्ध विद्यालय प्रधानाचार्य का लॉग इन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर करियर्स पोर्टल से परीक्षा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के परिणाम घोषित करने की तारीख जारी करने के बारे में मीडिया में आई खबरों का खण्डन किया है पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि यह खबर फर्जी है उसने कहा है कि सीबीएसई ने ऐसी किसी तारीख की घोषणा नहीं की है पीआईबी ने कहा है कि सीबीएसई की ओर से ऐसी किसी भी तारीख के बारे में उसकी आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया एकाउंट पर जानकारी दी जायेगी शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है इसके अनुसार तीस हजार से अधिक शिक्षकों को नगरीय निकायों में बाईस और तेईस जुलाई को तथा जिला परिषद में चौबीस और पच्चीस जुलाई को नियोजन पत्र बांटे जायेंगे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 प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इंडिया ग्लोबल वीक दो हजार बीस में दिये गये भाषण को प्रमुखता देते हुए लिखा है आत्मनिर्भर भारत का अर्थ यह नहीं कि विश्व के लिए दरवाजे बंद हिन्दुस्तान की सुर्खी है पटना में आज से सोलह तक बाजार बंद दैनिक जागरण लिखता है बीपीएससी न्यायिक सेवा व पैंसठवीं मुख्य परीक्षा स्थगित दैनिक भास्कर भारत चीन तनाव की खबर पर लिखता है सीमा से तीन चरणों में हटेगी भारत व चीन की सेनाएं राष्ट्रीय सहारा ने लॉक डाउन में हथियारों के सत्यापन नहीं होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है आज अखबार लिखता है आईआईटी में एडमिशन के लिए बारहवीं में पास ही काफी

एक सौ नौ लोगों की हो चुकी है मौत